जहां कल मतदान होगा मतगणना दस नवम्बर को होगी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कमार शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं के शरीर का तापमान लिया जाएगा

पूरे तरीके से ब्थ सेनिटाइज रहेंगे

इन समी व्यवस्थाएं सुनिश्वित की गई

प्रत्येक मध्य स्थल पर थर्मल स्कैनर होते हैं उसके माध्यम से जो हमारे प्रशिक्षित कर्मी हैं वो उनका टमर्पेचर लेकर ही उनको अदर जाने देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसएमएस यानी सोप या सेनिटाइजर मास्क और सोशल डिस्टॅसिंग फार्मले के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एसएमएस फॉर्मला काफी अहम है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए एसएमएस का मतलब है कोरोना को रोकने के लिए एस यानी सोप और सौनिटाइजर एम से मास्क पहनना और एस से सोशल डिस्टैंसिंग यानी सामाजिक दृरी का पालन करना उन्होने कहा कि लोगों को आगामी त्योहारों को देखते हए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक ड़ेढ करोड़ कोविड टेस्ट होने पर जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है पर भी संतोष व्यक्त किया देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ रहा है अब तक पचहत्तर लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर इक्यानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान लगभग तिरपन हजार मरीज ठीक हुए है आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नयी दिल्ली के निदेशक डॉ एनएन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र उपाय है उन्हॉने सलाह दी कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को साफ करते रहें यह लड़ाई जो है तीन स्तंभो पर हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सिन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता एक तो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जैसे आपस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है आपके निकट में दो गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है तो आप जो बाकी दो स्तंभ है उनको सुदुढ़ कर रहे हैं उस टाइम के लिए मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा कर रखें अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर ले अगर वो एयर कंडीशन पास नहीं है तो और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं प्रदेश सरकार ने फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जाने माने शायर मनव्वर राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है इस संबंध में उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के विमिन्न धाराओं सहित आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले साक्षात्कार दिए थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मृक्त विश्वविद्यालय इग्न ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है नई तिथि के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राए दाखिले के लिए पन्द्रह नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैँ बहराइच जिले के थाना पयागपुर इलाके में गोण्डा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास कल रात एक वैन की तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर में छः लोगों की मौत हो गयी और दस लोग गम्मीर रूप से घायल हो गये सभी घायलों को वहां के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस सूत्रो के अनुसार ये सभी लोग अम्बेडकर नगर के किछौछा दरगाह से दर्शन कर के लखीमपुर खीरी लौट रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हयी इस सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की हैं